शीर्ष अदालत ने इसके लिए छह मार्च की तारीख तय की थी शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि यदि इस मामले का बातचीत से हल करने की एक फीसदी भी गुंजाइश है तो उसके लिए प्रयास होना चाहिए

अजमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी प्रधानमंत्री की ओर से चादर पेश करेंगे

इस योजना के शुरूआत यूरोप उत्तरी अमेरीका और कुछ अन्य देशों को कृषि उत्पादों के निर्यात को बढावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है परिवहन और विपणन सहायता योजना टीएमए के तहत सरकार मालभाडा दरों के एक हिस्से का भुगतान करने के साथ कृषि उत्पादों के विपणन में सहायता देगी

विभिन्न क्षेत्रों के लिये वित्तीय सहायता अलग अलग होगी

इन समितियों में प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के लिए इन चुनाव समितियों को मंजूरी दे दी है

समिति में कांग्रेस के राजस्थान के प्रभारी सचिव और पार्टी के सहयोगी संगठनों के प्रदेश प्रमुखों को शामिल किया गया है वहीं प्रचार समिति का प्रमुख रघु शर्मा को बनाया गया है इसके अलावा सह अध्यक्ष महेंद्र सिंह मालवीय संयोजक सलेह मोहम्मद और ममता भूपेश को बनाया गया है

मुख्यमंत्री आज सुबह पौने बारह बजे विशेष विमान से उत्तरलाई वायू स्टेशन उतरेंगे

पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय कोलेजियम ने उनके इलाहाबाद तबादले की सिफारिश की थी